ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लाभार्थियों को सम्बोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उपयुक्त लाभ नहीं उठा पाते

मंत्रिमण्डल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होगी इस दौरान प्रदेश से बाहर की आवाजाही के लिये ऑनलाईन पंजीकरण व्यवस्था खत्म करने और नई शिक्षा नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग लोक निर्माण विभाग और पर्यटन सम्बंधी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये जा सकते हैं दिव्यांगजन केन्द्र ने सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब पात्र दिव्यांगजनों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं दिव्यांगजनों के लिये नए राशन कार्ड बनाकर इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ उन दिव्यांगजनों को भी मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर पांच हजार से अधिक हो गई है

जीएसटी कारोबारियों की सुविधा के लिये सरकार ने जीएसटी पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है नए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिये आधार के जुड़ जाने से अब जीएसटी नंबर तीन कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा जिससे कारोबारियों का समय बचेगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है कैबिनेट की आज होने वाली बैठक से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है हिमाचल में बिना पंजीकरण और शर्तों के प्रवेश पर आज हो सकता है कैबिनेट में फैसला केन्द्र के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार कोरोना काल में दे सकती है कुछ और रियायतें दैनिक भास्कर का शीर्षक है नई शिक्षा नीति पर कैबिनेट में आज लिया जाएगा फैसला

पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल के बॉर्डर खोलने पर प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में फैसला आज मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है लक्षित समूह तक पहुंचेंगी योजनाएं जयराम ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत

दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक अब आइरिस स्कैनर से मिलेगा राशन खाद्य आपूर्ति विभाग खरीदेगा पांच करोड़ की मशीनें कोरोना काल में बोझा ढो रहा स्टेट चैंपियन पहलवान शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है कुश्ती से सालाना दो ढाई लाख रुपये कमाने वाला कांगड़ा का रेसलर मंडी में कर रहा मजदूरी